पंचानवे हजार छह सौ पचास करोड़ रूपये के इस बजट में मुख्य जोर स्वास्थ्य षिक्षा और ग्रामीण विकास को दिया गया है बजट के अनुसार राज्य का सकल वित्तीय घाटा करीब साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रूपये अनुमानित है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिषत है बजट पेष करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेष में किसानों को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाएगी इसके लिए करीब पांच हजार करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है इसके अलावा राज्य में एकीकृत ई षासन परियोजना शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान प्रणाली में अलग अलग सेवाओं के लिये नागरिकों को बार बार पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं इन परेषानियों को दूर करने के लिये नई योजना में नागरिकों को केवल एक बार पहली सेवा के लिये अपने दस्तावेज जमा करने होंगे इसके बाद पात्रता अनुसार आवेदन किये बिना भी विभिन्न पेंषन स्कॉलरषिप जन्म प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र आदि शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेष लेने वाले राज्य के युवाओं के षिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा ऐसे युवाओं की प्रतिभा का राज्य के विकास में उपयोग करने के लिये शासकीय और अर्द्वषासकीय संस्थानों में उन्हें सीधे चयन की पात्रता दी जायेगी

वहीं संभागीय मुख्यालयों दुर्ग जगदलपुर और अम्बिकापुर में तीन नए इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे समाज में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए इनसे संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रत्येक पुलिस महानिरीक्षक रेंज में एक साइबर पुलिस थाने की स्थापना की जायेगी बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिये एक हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा वहीं नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्म ति में शहीद स्मारक बनाया जायेगा राज्य के भू नक्षों का जियो रिफरेंषिंग कराने का निर्णय लिया गया है इससे छोटे भू खण्डों के बटांकन तथा सीमांकन में सुविधा होगी प्रदेश में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी इसके अंतर्गत परंपरागत नृत्य गायन रंगमंच और लेखन कार्य के लिये समर्पित लोक कलाकारों तथा उनके आश्रितों को पेंषन छात्रवृत्ति के साथ ही वाद्य यंत्र खरीदने तथा लोक महोत्सव के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि माओवाद प्रभावित जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च षिक्षा के दौरान निःषुल्क आवासीय सुविधा देने के लिये दस पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बनाए जाएंगे इसके अलावा राज्य के तेरह नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की जा रही है इसके तहत नगरीय प्रषासन राजस्व श्रम तथा स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों की सौ से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा

इसके अलावा सुकमा कोण्डागांव नारायणपुर बीजापुर तथा तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी जिले के ग्राम कंडेल में महाविद्यालय शुरू किया जायेगा साथ ही स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रषिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी नगरनार और तिल्दा में नवीन आईटीआई खोले जाएंगे दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी वहीं महान संत गुरू घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जायेगी मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए धमधा के राजपुर में फिषरीज पॉलिटेक्निक और बेमेतरा तथा तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खोला जाएगा इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विष्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के एक लाख इकतीस हजार षिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है शेष बचे सोलह हजार षिक्षाकर्मियों में से दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके षिक्षाकर्मियों का इस वर्ष एक जुलाई से संविलियन किया जायेगा राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जायेगी ऐसे पंद्रह हजार युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि कुपोषण द्र करने के लिए कोंडागांव से आयरन और विटामिनयुक्त फोर्टिफाईड चावल वितरण की पायलट परियोजना शुरू की जाएगी साथ ही राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सिकलसेल यूनिट की स्थापना भी की जाएगी

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इस बजट में न तो विकास की आहट सुनाई दे रही है और न ही रोजगार की राहत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राज्य सरकार के इस बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में न तो रोजगार की बात की गई है और न ही बेरोजगारी भत्ते की उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शराबबंदी का वादा भी इस बजट में पूरा नहीं किया गया है प्रधानमंत्री महिला दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यो ने लोगों को प्रेरणा दी है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को है दुर्घटना सरगुजा जिले में अंबिकापुर के पास हुए एक सड़क हादसे में करीब पच्चीस छात्राएं घायल हो गई हैं इनमें से चार छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं मिली जानकारी के मुताबिक मैनपाट महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं अंबिकापुर लौट रही थी इस बीच नवा नगर घाट के पास उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई वहीं बिलासपुर जिले में भी दर्रीघाट के पास पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से करीब बीस लोग घायल हो गए हैं इस वाहन में बाराती सवार थे मौसम राज्य में मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है पश्चिमी विक्षोभ और मध्यप्रदेश के ऊपर बने चक्रवात के असर से आगामी दो दिनों तक कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है वहीं एक दो स्थानों पर ओले गिरने की संभावना भी है इस बीच आज बिलासपुर सूरजपुर धमतरी और दुर्ग जिले के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई बिलासपुर और सूरजपुर में ओले भी गिरे इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है